प्रदेश में आज मनाया जा रहा है वनाधिकार दिवस आदिवासियों को वितरित किये जायेंगे पट्टे

पीएम बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह कर रही है श्री मोदी ने कल कहा कि नये कृषि कानून किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्त करेगा श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानुन से देश के किसान अधिकार सम्पन्न बनेंगे और किसानों को नयी तकनीकी का फायदा भी मिलेगा उन्होंने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी हैं उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की उपज की सरकारी खरीद जैसी व्यवस्थाओं को जारी रखा जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे वनाधिकार प्रदेश में आज वनाधिकार दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को पट्टों का वितरण करेंगे श्री चौहान वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हितग्राहियों को संबोधित करने के साथ ही उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के क्षेत्रीय चेनलों के साथ बेवकास्ट ट्वीटर फेसबुक यू ट्यूब के माध्यम से भी देखा जा सकेगा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य जन प्रतिनिधि हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे वितरित करेंगे आयोग निर्देश प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों में राजनीतिक दलों को अपराधिक छवि वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाये जाने का कारण बताना होगा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल प्रत्याशी के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन करता है जिसपर अपराधिक मामले हो

सीएम सीतामऊ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंदसौर जिले के सीतामऊ का दौरा करेंगे मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कल यहां कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया

पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर जिले के बांधाटोला क्षेत्र में विशेष टीम को भेजा गया था इस दौरान पुलिस ने दो संग्दिध लोगों के दिखाई देने पर उनकी घेराबंदी की पुलिस को देखते हुए एक व्यक्ति ने फायर किया इस दौरान दोनों नक्सली तालाब में कूद गये पांच जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हए तालाब में कूदे एक नक्सली को गिरफ़तार कर लिया है जबकि दूसरा भागने में सफल रहा

पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरफतार नक्सली को वापस लाते समय जंगल में मौजूद नक्सलियों ने लगातार फायरिंग की पुलिस द्वारा अभी भी जंगल में लगातार सर्चिंग की जा रही है

जुलूस रैली प्रतिबंध इंदौर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रषासन ने बगैर अनुमति के जुलूस मौन जुलूस रैली सभा आमसभा और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है

इस अवधि में डीजे और लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक संयंत्रों का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रयोग नहीं किया जा सकेगा

पहले मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपरकिंग से होगा

उन्होंने कहा कि ये महिलाएं बच्चों को शिक्षित करने और कुपोषण को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है

इस दौरान कटनी और मुडवारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मॉस्क सेनेटाइजर साबुन और ग्लब्स वितरित किये जा रहे हैं

पांच करोड़ रूपये से अधिक की राशि उनके खाते में पहॅचाई गई है